मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रूखाबाद स्थित संकिसा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आरोग्य मेले का शुभारम्भ किया इस दौरान उन्होंने लोगों को सम्बोधित करते हुये कहा कि फर्रूखाबाद में पर्यटन और रोजगार की अपार सम्मावनायें है जल्द ही पर्यटन विभाग की टीम यहां आकर संकिसा के विकास की सम्भावना तलाशेगी मुख्यमंत्री ने कोरोना के प्रति साक्षानी बरतने की लोगों से अपील की प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने जौनपुर के मातापुर में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के लिये निरन्तर कार्य कर रही है उन्होंने आय्ष्मान भारत योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय बारह जनवरी से देश में एक सप्ताह के राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चअल आयोजन कर रहा है युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर वर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के महत्वपूर्ण घटक हैं प्रतियोगितायें जिसमें सांस्कृतिक स्पर्धाएं मार्शल आर्ट्स प्रदर्शनियां बौद्विक विचार विमर्श युवा कलाकार शिविर संगोष्ठियां और साहसिक कार्यक्रम शामिल होते हैं इस महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय युवा प्रस्कार भी प्रदान किए जाते हैं आकाशवाणी से विशेष मेंट में केन्द्रीय य्वा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि यह कार्यक्रम संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित होगा प्रदेश में बर्ड फ्लू से कानपूर चिड़ियाघर में अनेक पक्षियों की मौत हो गई है प्रयोगशाला परीक्षण से इन पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत होने की पुष्टि हुई है कानपूर चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर सुनील चौधरी ने बताया कि चिड़ियाघर में कल बर्ड पलू का पहला मामला सामने आया हमारे संवाददाता ने बताया है कि माघ मेले को देखते हए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सुखा को दृष्टिगत रखते हुए आम दर्शकों के लिए चिडियाघर को बंद कर दिया गया है प्रवासी पक्षियों से चिडियाघर को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं गौरतलब है कि यहां पर आकर प्रवासी पक्षी जाडे की ऋतु में अपना आश्रय बनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बर्ड फ्लू को लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं उन्होंने कहा कि प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाले आगामी माघ मेला को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए यहां पर हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं अधिकारियों से या आने वाले श्रद्धालुओं को इन पक्षियों को किसी भी प्रकार का दाना इत्यादि खिलाने से विरक्त रहने के लिए जागरूक करने को कहा गया है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में कोविड टीकाकरण का अंतिम पूर्वाभ्यास कल किया जाएगा इससे पहले पांच जनवरी को कोविड टीके का सफल अभ्यास किया गया था हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतिम पूर्वाभ्यास में टीकाकरण अभियान के बारे में राज्य सरकार की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा

उन्होंने कहा कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों से कोविड टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियों को समयबद्व तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि पहले चरण के ड्राई रन के टारगेट ग्रुप का डाटा तैयार कर लिया गया है और अब दूसरे चरण के टारगेट ग्रुप का डाटा प्राथमिकता के आघार पर तैयार किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक ही किया जाएगा सुशीलचंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर छानबे दशमलव चार दो प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान उन्नीस हजार रोगी स्वस्थ हए हैं अब तक क्ल एक करोड़ पचहत्तर हजार मरीज स्वस्थ हए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में क्ल संक्रमित लोगों की तुलना में मरीजों की संख्या दो दशमलव एक चार प्रतिशत है इस समय देश में लगभग दो लाख तेईस हजार मरीज उपचार करा रहे हैं पिछले चौबीस घटों के दौरान अट्ठारह हजार छः सौ पैंतालिस लोग संक्रमित हुए इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या एक करोड़ चार लाख पचास हजार से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में मृत्यु दर एक दशमलव चार चार प्रतिशत है जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ एक रोगियों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या एक लाख पचास हजार नौ सौ निन्यानये हो गई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले चौबीस घटों में आठ लाख तैंतालिस हजार से अधिक कोविड जांच की गई अब तक अट्ठारह करोड़ दस लाख से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच की जा चुकी है